मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं

इसमें भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत हासिल किया है जबकि नागालैंड में भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी के साथ बहुमत की ओर है वहीं मेघालय में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनी हुई है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा सरकार बनाने जा रही है उन्होंने संकेत दिये कि मेघालय में भी सरकार बनाने की कोशिश की जायेगी इधर भाजपा की जीत में नई दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोगों ने विकास परख और सकारात्मक एजेंडे पर भरोसा किया है भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष को जीत पर बधाई दी है

प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि रबी सीजन में भावान्तर भूगतान योजना में फसलों की पंजीयन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएं

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास के लिये सुझाव मांगे हैं

आज भी उनकी हड़ताल जारी रही और राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन किया गया संविदा कर्मियों की हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को सीईओ को वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित करने के लिए उज्जैन संभागायुक्त को प्रस्ताव भेजा है वहीं कलेक्टर ने पंचायतीराज अधिनियम के तहत पद का दुरुपयोग करने पर सोनकच्छ जनपद पंचायत अध्यक्ष को पद से पृथक करने का नोटिस जारी किया है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

जलाभिषेक अभियान इसी माह जल अभिषेक अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर चालाया जाएगा इस दौरान ग्राम पंचायतों में ग्राम स्तरीय जल यात्रा का आयोजन किया जाएगा इसके लिए राजस्व विभाग के एसडीएम को नोडल अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को क्षेत्र का समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया गया है अभियान के दौरान सामाजिक जुड़ाव और वातावरण निर्माण नवीन जल संरक्षण कार्यों जैसे कंटूर खेत तालाब और चेक डेम आदि का निर्माण कराया जायेगा सौभाग्य योजना प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार की प्रभावी पहल पर ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन मुहैया करवाये जा रहे हैं जहां वर्षों से बिजली नहीं थी सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं इंदौर संभाग में भी इस योजना का प्रभावी क्रियांवयन किया जा रहा हैं इंदौर जिला ऐसा जिला हो गया हैं जिसके शत प्रतिशत घरों में विद्युत कनेक्शन हो चुके हैं सीएम होली की दूज के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पत्नी साधना सिंह के साथ अपने गृह ग्राम पहुंचे यहां उन्होंने कुलदेवी और कुलदेवता की पूजन की इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर ही गांव के लोगों की समस्याएं सुनीं गांव में लोक कल्याण शिविर का आयोजन भी किया गया इसके बाद मुख्यमंत्री वापस भोपाल के लिए रवाना हो गए

वे इस चैम्पियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे

प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एवं संचालक खेल और युवा कल्याण उपेन्द्र जैन ने नवदीप सिंह राठौड़ को शुभकामनाएं दी हैं

तीन सत्रों में होने वाले सेमिनार में देश के प्रख्यात साहित्यकार और लेखक शामिल होंगे मुरैना शहीद मुरैना के जवान अनूप सिंह तोमर वाहन दुर्घटना में निधन हो गया है कल उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम भजन का पूरा पहुंचेगा गौरतलब है कि कल वे असम के दीमापुर स्थित अपने कैंप से पोस्ट की ओर जा रहे थे तभी अचानक खाई में गिरने से मौत हो गई